देश में लोकसभा के तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज शाम प्रचार हो जाएगा समाप्त प्रदेशभर में मतदाता जागरूकता के लिए मनाए जा रहे सतरंगी सप्ताह के तहत हो रहे है अनेक आयोजन

दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता राज्य में चुनावी सभाए करने वाले है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल राजस्थान के चुनावी दौरे पर रहेंगे दो दिन में श्री मोदी चार जनसभाओं को संबोधित करेंगे श्री मोदी आज चित्तौड़गढ़ तथा बाड़मेर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेगें दोपहर में चित्तौडगढ़ में होने वाली जनसभा के लिए प्रशासन द्वारा माकूल प्रबन्ध किए गए है

इससे पहले कल नामांकन पत्रों की जांच की गई

विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रयास कर रहे हैं

अजमेर में जिला निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से आज रन फार वोट विद इपिक कार्ड का आयोजन किया गया इस दौड़ में करीब दो हजार कर्मचारी अपने मतदान पहचान कार्ड लेकर दौड़े और शहर में मतदान जागरूकता का संदेश दिया दौड सुबह छह बजे नगर निगम परिसर से शुरु हई चुनाव में अजमेर जिले के शुभंकर खरमौर के नवनिर्मित स्टेच्यू का जिला निर्वाचन अधिकारी विश्वमोहन शर्मा ने पर्दा हटाकर अनावरण किया इस दौरान लोगों को मतदान के लिये शपथ भी दिलाई गई

वहीं शहर के ब्यावर रोड पर एक युवक से एक लाख लाख छह हजार रुपए की नगदी बरामद की गई

वें कल उच्चतम न्यायालय की विशेष सुनवाई में स्वयं पर एक महिला के यौन उत्पीड़न के आरोप के मामले की न्यायमूर्ति अरुण मिश्र और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के साथ सुनवाई कर रहे थे यौन उत्पीड़न के आरोपों को अविश्वसनीय बताते हुए न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा कि इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यह मामला ऐसे समय आया है जब देश में लोकसभा चूनाव हो रहे हैं और अगले सप्ताह उनकी अध्यक्षता में न्यायालय की एक पीठ कई संवेदनशील मुद्दों पर विचार करने वाली है उन्होंने इस मामले का फैसला न्यायमूर्ति अरूण मिश्र पर छोड़ दिया न्यायमूर्ति मिश्र ने कहा कि इस मामले पर पीठ फिलहाल कोई आदेश पारित नहीं कर रही है और यह बात मीडिया के विवेक पर छोड़ रही है कि वह उनसे की जाने वाली अपेक्षाओं के अनुसार संयम बरते और जिम्मेदारी से कार्य करे

नव नियुक्त न्यायाधीश अभय चतुर्वेदी और नरेन्द्र सिंह ढड़डा को कल शपथ दिलाई जाएगी

रिजर्व बैंक ने एक वक्तव्य में कहा कि मीडिया के कुछ वर्गो में यह खबर है कि आरबीआई के निर्देशों पर व्यावसायिक बैंक सप्ताह में पांच दिन काम करेंगे वक्तव्य में ऐसी खबरों को पूरी तरह गलत बताया गया है वर्तमान में व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं में महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को रविवार के अलावा अवकाश रहता है

चिकित्सा विभाग के विशिष्ट शासन सचिव और एनएचएम मिशन निदेशक समित शर्मा ने बताया कि यह अभियान प्रदेश के अस्पतालों में मरीजो को दी जा रही सुविधाओं में गृणवत्ता सुधार कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है

दुनिया भर में यह त्योहार ईसा मसीह के दुबारा जन्म लेने की खुशी में मनाया जाता है गुड फ्राइडे के दिन सलीब पर लटकाये जाने के तीन दिन बाद उनके पुनर्जीवित हो उठने की स्मृति में आज ईस्टर पर गिरजाघरों में विशेष सामूहिक प्रार्थना सभाएं की जा रही हैं ईस्टर चालीस दिन के उपवास की समाप्ति का आखिरी दिन भी होता है